उन्होंने कल उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक में देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और ऑक्सीजन दवाओं तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली बैठक में प्रधानमंत्री को अवगत करवाया गया कि राज्यों के लिये ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाई गई है प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र जल्द से जल्द शुरु करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संक्रमण को नियंत्रित करने संबंधी कार्यनीतियों का राज्यों में समुचित अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है

बैठक में जिला प्रशासन के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे

इसके लिए लोग कोविन पोर्टल कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण करवा सकते हैं मुख्य सचिव मुख्य सचिव अनिल खाची ने प्रदेश में हाल ही में बर्फबारी ओलावृष्टि और वर्षा से फसलों को हुए नुकसान को लेकर कल शिमला में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की ताकि किसानों को नुकसान का मुआवजा दिया जा सके मुख्य सचिव ने बागवानी और कृषि विभाग के उप निदेशकों की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समितियों को फसलों के नुकसान का विस्तृत आकलन करने के निर्देश दिए हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने शिक्षकों की कोरोना डयूटी लगाए जाने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर की सुर्खी है कोविड ड्यूटी देंगे शिक्षक वैक्सीनेशन व होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों पर रखेंगे नज़र पंजाब केसरी का शीर्षक है कोरोना वैक्सीनेशन व होम आइसोलेशन में ड्यूटी देंगे शिक्षक दिव्य हिमाचल के शब्द हैं शिक्षकों की लगी कोरोना ड्यूटी हिमाचल सकरार का बड़ा फैसला वैक्सीन डयूटी पर जाना होगा दैनिक जागरण के अनुसार कोरोना टीकाकरण में ड्यूटी देंगे शिक्षक रात्रि कफ्र्यू पर अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल की सीमाएं सील बसों में आने वालों को भी कराना होगा पंजीकरण

हिमाचल दस्तक लिखता है सीमा पर होगी सिर्फ एंट्री आने जाने पर कोई बंदिश नहीं आपका फैसला जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है नियमों की अवहेलना की तो होगी कड़ी कार्रवाई

बिजली खपत से तय होगी मीटर की सिक्योरिटी राशि शीर्षक से अमर उजाला लिखता है पुराने कनेक्शन की एक साल बाद नए की छह से नौ माह बाद होगी समीक्षा दैनिक जागरण के शब्द हैं बिजली की खपत पर बढ़ेगी सिक्योरिटी राशि

नमस्कार